पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोग जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां भी हैं उन्हें भी कोविड टीका पहली मार्च से लगना शुरू हो जायेगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारों को बताया कि यह टीका दस हजार सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगाया जाएगा जबकि बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों में लगाये जाने वाले टीकों की कीमत लोगों को खूद वहन करनी होगी कोरोना विशेषज्ञ दल केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के प्रबंधन और नियंत्रण के सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में राज्यों की सहायता के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के दस दल तैनात किए हैं तीन सदस्यों के प्रत्येक दल का नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपा गया है ये दल महाराष्ट्र केरल छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश गूजरात पंजाब कर्नाटक तभिलनाडु पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्घ्मीर भेजे गए हैं हाल ही में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के कारणों का पता लगाने में ये दल राज्य और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करेंगे केंद्र ने महाराष्ट्र केरल छत्तीसगढ मध्यप्रदेश ग्जरात पंजाब कर्नाटक तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन को पत्र भी लिखा है पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रशासन को संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए आक्रामक उपाय करने और आरटी पीसीआर जांच में तेजी लाने पर ध्यान देने को कहा है इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश को प्रभावित जिलों में जांच बढाने और आरटी पीसीआर तथा रैपिड एंटीजन टेस्ट पर समुचित ध्यान देने की सलाह दी गई है केंद्र ने इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश को याद दिलाया है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए खासतौर से कुछ देशों में वायरस के नए रूप सामने आने के मद्देनजर कड़े उपाय लाग करने में कोताही न बरती जाए

इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों में कोविड नाइंटीन के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्यप्रदेश महाराष्ट्र पंजाब जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों के स्वास्थ्यकर्भियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के टीकाकरण में तेजी लाने के लिए कहा है कोरोना मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के सभी सतर्कतामूलक उपायों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं श्री बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली मुम्बई सहित महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं इसलिए सभी जिलों के कलेक्टर्रों को सतर्क किया जाए एयरपोर्ट और राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर विशेष रूप से महाराष्ट्र से लगी राज्य की सीमा पर टेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमण टेस्टिंग की सुचारू व्यवस्थाएं की जाए साथ ही जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उनसे जुर्माने की राशि की वसूली जाए राजनांदगांव जिले में महाराष्ट्र सीमा से आने वाले लोगों के परीक्षण के लिए स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है ये स्वास्थ्यकर्मी यात्री बसों और निजी वाहनों में आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि चौक चौराहों में एनाउंसमेंट कराकर लोगों को मास्क पहनने फिजिकल डिस्टेंस का पालन करने और समय समय पर हाथों को धोने के लिए जागरूक किया जाए सार्वजनिक स्थानों पर टेम्प्रेचर जांच की व्यवस्था की जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उपायों के पालन से राज्य में अब तक कोरोना को रोकने में काफी हद तक सफलता मिली है बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है उन्होंने बताया कि दूर्ग राजनांदगांव और रायपूर में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले सामने ँआ रहे हैं इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ऐहतियाती कदम उठाते हुए अन्य राज्यों से विभिन्न माध्यमों से छत्तीसगढ आ रहे यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग और कान्टेक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था करने के निर्देश सभी कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को जारी कर दिए हैं विस अनुपूरक बजट चर्चा छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन आज तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा जारी है इस चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के विभिन्न सदस्य अपने विचार रख रहे हैं गौरतलब है कि यह अनुपूरक बजट पांच सौ पांच करोड़ रूपये का है इसे कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में पेश किया था इससे पहले आज राज्य विधानसभा में शराब बिक्री के मुद्दे को लेकर काफी शोरशराबा हुआ भाजपा सदस्य नारायण चंदेल ने शराब से हुई बिक्री की राशि प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से कथित तौर पर जमा नहीं कराने के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा जवाब भें आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि महासमुद में सवा पांच करोड रुपये की राशि जमा नहीं कराई गई है श्री लखमा ने कहा कि यह राशि वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस की है जो यस बैंक प्रबंधन की कथित गड़बड़ी की वजह से जमा नहीं हो सकी बाद में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर जिले को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया बिलासपुर के कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के राज्य नोडल अधिकारी जीके निर्माम ने यह प्रस्कार ग्रहण किया केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी पुरस्कार समारोह में उपस्थित थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने इस उपलब्धि के लिए किसानों और बिलासपुर जिला प्रशासन को बघाई और शभकामनाए दी हैं बिलासपुर जिले ने ँ किसानों के आधार प्रमाणीकरण और उन्हें लामान्वित करने के मामले में देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है जिले में नौ हजार तीन सौ से अधिक किसानों का आधार प्रमाणीकरण कर उन्हें योजना का लाम दिलाया गया है आईएएस तबादला राज्य शासन ने पांच निगम कमिश्नर सहित राज्य प्रशासनिक सेवा के दस अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए हैं जारी आदेश के अनुसार आशुतोष चतुर्वेदी राजनांदगांव नगर निगम के नये आयुक्त होंगे वहीं प्रभाकर पांडेय को अंबिकापुर अजय कुमार त्रिपाठी को बिलासपुर और मनीष मिश्रा को धमतरी का नया निगम आयुक्त बनाया गया है इसी तरह राजनांदगांव के निगम आयुक्त चंदकांत कौशिक को संयुक्त कलेक्टर धमतरी दूर्ग निगम आयुक्त इंद्रजीत वर्मा को कवर्धा संयुक्त कलेक्टर आशीष कमार टिकरिहा को राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी और हरीश मंडावी को दूर्ग का नया निगम आयुक्त बनाया गया है माओवादी वारदात नारायणपुर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के दो जवान घायल हो गए हैं जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि डीआरजी के जवान गश्त पर निकले हुए थे तभी माओवादियों ने उन पर हमला कर दिया यह मुठभेड़ महाराष्ट्र सीमा के पास हुई पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के अकार्बेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए बारूदी विस्फोट में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान भी घायल हो गया सभी घायल जवानों को इलाज के लिए नारायणपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है इधर दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा एक बुजुर्ग की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है माओवादियों ने माडगादम में इस घटना को अंजाम दिया वहीं दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पित एक महिला माओवादी ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है पूलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि इस महिला माओवादी ने बीते उन्नीस फरवरी को आत्मसमर्पण किया था इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी ने आरोप लगाया है कि आत्मसमर्पित इस महिला की हत्या की गई है थल सेना भर्ती रैली दूर्ग के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में तीन से बारह मार्च तक थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने एक पत्रकारवार्ता में बताया कि जिला प्रशासन द्वारा रैली से संबंधित लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं

जिला प्रशासन ने थल सेना के साथ मिलकर प्रतिभागियों के ठहरने और रेलवे बस स्टैंड से आने जाने के लिए निःशल्क सिटी बसों की व्यवस्था की है भर्ती रैली से संबंधित जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय मालवीय नगर द्र्ग में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है इसका संपर्क नंबर शून्य सात आठ आठ दो तीन दो शून्य शून्य शून्य एक है लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी में इस बार प्रदेश की नारीशक्ति को संबोधित करेंगे इस संबंध में प्रदेश की महिलाएं आकाशवाणी रायपुर के द्रभाष नंबर शुन्य सात सात एक दो चार तीन शुन्य पांच शन्य एक पांच शन्य दो और पांच शन्य तीन पर कल और परसों यानी पच्चीस और छब्बीस फरवरी तक दोपहर तीन से चार बर्जे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकती हैं लोकवाणी का प्रसारण चौदह मार्च को होगा इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सबह साढे दस से ग्यारह बजे तक प्रसारित किया जाएगा राष्ट्रीय खिलौना मेला देश को खिलौना निर्माण का केन्द्र बनाने और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वैश्विक बाजार में इसकी उपस्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खिलौना मेले का वर्च्यअल आयोजन किया जा रहा है यह मेला सत्ताईस फरवरी से दो मार्च तक चलेगा अपनी तरह के इस पहले प्रयास का उद्देश्य भारतीय खिलौना उद्योग के सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाना है संक्षिप्त समाचार राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में शिक्षकों की भूख हड़ताल के बाद प्रशासन ने वहां के विकासखंड शिक्षा अधिकारी का तबादला कर दिया है कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र में सेंदुरगढ़ के पास कल देर शाम बारातियों से भरे एक ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक सहित तीन लोगों की मौत हो गई

कोरबा में एसईसीएल के लापता दो युवकों में से एक युवक की लाश राताखार के पास नहर में एक कार में फंसी हुई मिली है वहीं एक अन्य युवक का पता नहीं चल पाया है पुलिस मामले की जांच में जुट गई है महासमुद जिले के सरायपाली इलाके में जंगली हाथियों का दल विचरण कर रहा है कुछ हाथी तुमगांव क्षेत्र में भी देखे गए हैं वनकर्भियों ने लोगों को जंगली हाथियों से सजग रहने को कहा है राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस ने बस स्टैंड के पास गांजा बेचने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है ये सभी महाराष्ट्र के गोंदिया के रहने वाले हैं इनके पास से पंद्रह सौ छत्तीस किलो गांजा बरामद किया गया है